देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर दो सौ तेईस हुयी

और बिहार में बिजली की दर में दस पैसे प्रति यूनिट की कमी की गयी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनता कर्फ्यू की घोषणा को देखते हुए देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से आज आधी रात से कल रात दस बजे तक कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि पहले से ही चल रही मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रविवार सुबह चार बजे रुक जाएंगी कल सुबह सात बजे पहले से ही चल रही पैसेंजर रेलगाड़ियों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी आदेश में सभी मण्डलों से कहा गया है कि खाली रेलगाड़ियों को कम दूरी पर समाप्त कर दी जाएं इस फैसले के बाद देशभर में लगभग तीन हजार सात सौ ट्रेने बंद रहेंगी प्रधानमंत्री ने गुरूवार को देश के नाम अपने संबोधन में लोगों से रविवार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने का आहवान किया था इसमें आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को छोडकर अन्य सभी से घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है

ना सड़क पे जाएं ना मोहल्ले में या सोसायटी में इकट्ठे हॉ अपने घरों में ही रहें

पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सत्रह ट्रेनों का परिचालन अलग अलग तिथियों को बंद किया है जिन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है उसमें पाटलिपुत्र सहरसा एक्सप्रेस आनंद विहार मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ और रांची से खुलने वाली राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं इधर आईआरसीटीसी ने आज से अगले आदेश तक के लिये ट्रेनों में खानपान सेवा बंद करने का फैसला किया है स्टेशनों पर फूड प्लाजा रिफ्रेशमेंट रूम जन आहार और सेल किचन भी बंद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए केन्द्र और सभी राज्यों के एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया है वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने कहा कि ये चुनौती सभी राज्यों के लिए एक जैसी है इसलिए इससे एकजुट होकर निपटना आवश्यक है श्री मोदी ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ संपर्क के समय पर्याप्त दूरी बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है समीक्षा बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिव दीपक कुमार और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि केन्द्र सरकार संक्रमण रोकने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद और समुचित अधिकार दे रही हैं बाईट लव अग्रवाल कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे प्रयत्न करने के बाद पूरे प्रसूऐशन पूरे सपोर्ट देने के बावजूद भी जो हमारे को इंफेक्सियस डिजिज मैनेजमेंट में सपोर्ट नहीं देते तो उसके लिए एक इनेबलिंग प्रोविजन है हमने स्टेट से कहा है कि ये सोशल डिस्टेंसी मेजर्स इम्लीमेंट करने बहत जरूरी है आपके पास प्रोसेसिज है चाहे वो पब्लिक को प्रसूऐशन के या जरूरत पड़े तो आपको एक्शन या किसी एक्ट के तहत लेना पड़े तो वो दीजिए लेकिन इन डारेक्शंस को आप इम्पलीमेंट कीजिए श्री अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वे संक्रमण का संदेह होने पर चौबीसों घंटे काम करने वाले हेल्प लाइन नम्बर एक शून्य सात पांच पर संपर्क करें निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना वायरस की जांच में शामिल करने के आवश्यकता पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रमुख रमन गंगा खेडकर ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए अच्छी तैयारियों की जरूरत है

क्योंकि हमको प्रिपेयर्ड रहना है

हमको तैयार रहना है उसमें इसका मतलब यह नहीं है कि टेस्टिंग का नंबर बहुत बढ जाएगा केंद्र सरकार ने मास्क और हैंड सेनेटाईजर का खुदरा मूल्य निर्धारित कर दिया है उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा कि दो प्लाई मास्क का अधिकतम खुदरा मूल्य आठ रूपये और तीन प्लाई का दस रूपये प्रति मास्क होगा वहीं दो सौ मिलीलीटर हैंड सेनेटाईजर का मूल्य सौ रूपये से अधिक नहीं होगा देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर दो सौ तेईस हो गई है इसमें बत्तीस विदेशी नागरिक हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तेईस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है इधर बिहार में अब तक पांच सौ चार संदिग्ध मरीजों की पहचान हयी है जिन पर निगरानी रखी जा रही है राज्य में अब तक किसी भी मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आयी है कोरोना वायरस के संक्रमण और बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सोमवार से काम पर नहीं आयेंगे तीनों अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया गौरतलब है कि पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले दो तीन दिनों से कौओं की मरने की घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसकी जांच के लिये एक विशेषज्ञ कमिटी का भी गठन किया गया है इधर पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब हाजीपुर के हरिहर नाथ और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीब नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के आगमन पर रोक लगा दी गयी है पटना के पालीगंज स्थित उलार सूर्य मंदिर में अठाईस से इकतीस मार्च तक होने वाले चैती छठ अ़नष्ठान को स्थगित कर दिया गया है वहीं औरंगाबाद के देव स्थित सूर्यकुंड में लोगों के जाने पर भी रोक लगा दी गयी है इधर कोरोना के संदिग्धों की पहचान के लिये पटना हवाई अड़डे पर ऐसे लोगों के हाथ पर आज से मुहर लगायी जायेगी इसके अलावा अस्पतालों से छूटे संदिग्धों को भी यह मुहर लगायी जायेगी कोरोना से बचाव को लेकर दानापुर आर्मी अस्पताल में दो अलग अलग मेडिकल रिलीफ टीमों का गठन किया गया है इधर राज्य सरकार ने ट्रेन से ड्यूटी आने वाले कर्मियों का विभिन्न विभागों से ब्यौरा तलब किया है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

यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

कोरोना के संक्रमण को देखते हुये शिक्षा विभाग ने प्रदेश में चल रही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिये शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की तारीखों में बदलाव किया है अब सात अप्रैल को चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी जबकि ग्यारह और तेरह अप्रैल को नियोजन पत्र का वितरण होगा बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से बिजली की दर में दस पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी है साथ ही उपभोक्ताओं को अब मीटर रेंट भी नहीं देना होगा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि प्राधिकरण के फैसले के अनुरूप बिजली उपभोक्ताओं को अगले वित्तीय वर्ष में कितना अनुदान दिया जाये इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा राज्य सरकार ने चौकीदार संवर्ग के कर्मियों से डाक कैदी एस्कॉर्ट निजी आवास और बैंक ड्यूटी लेने पर रोक लगा दी है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रधानमंत्री की जनता कर्फ्यू की अपील के बाद आज आधी रात से कल रात दस बजे तक देशभर में सभी ट्रेनों को रद्द करने के फैसले से जुड़ी खबर को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है महाराष्ट्र के चार शहरों में लॉकडाउन प्रभात खबर की प्रमुख सुर्खी है निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के चारों दोषियों को फांसी दिये जाने बिहार में बिजली दरों में कटौती और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे की खबरों को सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर दो सौ तेईस हुयी

और बिहार में बिजली की दर में दस पैसे प्रति यूनिट की कमी की गयी